जम्मू कश्मीर में पोस्टपेड मोबाइल फोन सेवा कल दोपहर से बहाल कर दी जाएगी जम्मू कश्मीर प्रशासन के प्रवक्ता रोहित कंसल ने श्रीनगर में यह जानकारी दी गौरतलब है कि अगस्त में जम्मू कश्मीर में महत्वपूर्ण संवैधानिक बदलावों के बाद आतंकवादियों को शांति भंग करने से रोकने के लिए यह प्रतिबंध लगाये गये थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जोधपुर के दौरे पर रहेंगे वे नागौरी गेट स्थित श्री करणी माता मंदिर के मुख्य द्वार का उद्घाटन करेंगे इससे पहले कल शाम श्री गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र से राजभवन में शिष्टाचार भेंट की

नगर कीर्तन दो दिन तक हनुमानगढ और श्रीगंगानगर जिलों में रहेगा नगर कीर्तन को लेकर इन दोनों जिलों की सिख संगत ही नहीं बल्कि दूसरे समाज के लोगों में भी श्रद्धा और उत्साह का माहौल बना हुआ है राजस्थान पंजाब अंतरराज्यीय सीमा पर नगर कीर्तन की जोरदार स्वागत की तैयारियां की गई है इसके बाद यह मण्डली पंजाब के लिए प्रस्थान करेगी चूरू जिले के सालासर बालाजी मंदिर मे शरद पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाला लक्खी मेला आज सुबह से ही परवान पर है

इधर बूंदी जिले के केश्वरायपाटन में भी चर्मण्यवती नदी में आज से कार्तिक स्नान शुरू हो गया है जो एक महीने तक चलेगा झुंझुनू में अगले महीने सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा

रैली में जीडी सोल्जर टेक्निकल ट्रेडमैन क्लर्क और नर्सिंग असिस्टेंट पदों के लिए भर्ती होगी

लोग अपने घरों और द्वकानों से बाहर निकल आए

मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आरोपियों को पहचानने की कोशिश कर रही है रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार जयपुर नगर निगम की पार्षद सुमन गुर्जर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है